राज्य सरकार ने पत्रकार सम्मान योजना की राशि दोगुनी करने को दी मंजूरी

प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को तेज सर्दी से मिली थोड़ी राहत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

मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रबंधन को पूरे देश मे सराहा गया

श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया से संवाद में सरकार द्वारा दो साल में किये गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार सौर ऊर्जा और पवन उर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में खनिज के बड़े भंडार हैं और इसके व्यापक दोहन के लिए बडे स्तर पर रणनीति बनाकर काम किया जाएगा श्री गहलोत ने लोगों से को ऑपरेटिव सोसायटियों के झांसे में आने से बचने की अपील की उन्होंने कहा कि हमने ऐसी केडिट को ऑपरेटिव सोसायटियों पर शिकंजा कसा है इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि जल्द ही पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बनाई जाएगी और राजनीति नियुक्तियां भी की जाएगी उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी जल्द नियुक्त किये जाएंगे श्री डोटासरा ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर तक जन सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी विचार कर रही है जल्द ही इसे लागू किया जाएगा

सूचना और जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त महेन्द्र सोनी ने बताया कि राज्य सरकार ने पत्रकारों और साहित्यकारों को देय विभिन्न आर्थिक सहायता राशियों में बढ़ोत्तरी की है श्री सोनी ने बताया कि अब अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ गैर अधिस्वीकृत संवैतनिक पत्रकारों को भी मेडिकल डायरी की सुविधा दी जायेगी

मंत्रालय के अनुसार सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से खरीफ की फसल खरीदना जारी रखे हुए है

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीकाकरण के लिए तीस करोड़ लोगों की पहचान की है जिनमें स्वास्थ्यकर्मी अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मी और सफाई कर्मचारी शामिल हैं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

हालांकि चूरू और झुंझुनू जिले के पिलानी में शीतलहर का असर बना हुआ है

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया भारतीय टीम में चार बदलाव किए गए हैं